इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र जुब्बड़हटटी हवाई अडडे पर मौजूद रहेंगे चंडीगढ़ से शिमला और शिमला से चंडीगढ़ के बीच होने वाली इस उड़ान से सैलानियों सहित प्रदेश के लोगों को भी सुविधा मिलेगी

इसका आयोजन मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है पार्टी के अनुसार इसका उद्देश्य लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है दुर्घटना चम्बा ज़िला के सलूणी उमण्डल के तहत चम्बा भांदल सड़क पर कल देर शाम एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हुए हैं चंबा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि घायलों को चम्बा मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है मृतकों की पहचान वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भांदल के प्रधानाचार्य निर्मल सिंह पठानिया और बिधवाड गांव के नूर मुहम्म्द के रूप में की गई है डीसी कुल्लु कुल्लू ज़िले के मुख्य शहरों में कूड़े कचरे की समस्या का जल्द ही स्थायी समाधान होगा ये बात कुल्लू के उपायुक्त युनूस ने कल एक पत्रकार वार्ता में कही

उन्होंने कहा कि कचरा निस्तारण रिसाईकलिंग और कचरे से ऊर्जा उत्पादन कचरा प्रबंधन के मुख्य घटक हैं जिन पर बारिकी से कार्य किया जा रहा है मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरूआत खिली धूप के साथ हुई है हालांकि जनजातीय और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में कल हुई व्यापक बर्फबारी से पूरा प्रदेश कड़ाके की ठण्ड की चपेट में है

इस बीच बर्फबारी के चलते किन्नौर जिले में आज शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहेगा

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर हिमाचल में हवाई उड़ानें रदद किए जाने और मौसम से जुड़ी खबरों को आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है अमर उजाला के शब्द हैं धर्मशाला कुल्लू और शिमला के लिए हवाई उड़ानें रद्द

दैनिक जागरण ने लिखा है हिमाचल में बांध विद्युत प्रोजेक्टों और हवाई अडडों की सुरक्षा बढ़ी आपका फैसला की सुर्खी हैं कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस

दिव्य हिमाचल की एक खबर है हिमाचल में ट्रामा सेंटर शुरू करवाने को हाईकोर्ट सख्त केंद्र से फंड जारी होने के बाद भी काम शुरू न करने पर मांगा जवाब जबकि अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में ट्रामा सेंटर शुरू न करने पर हाईकोर्ट सख्त हेरिटेज रेल ट्रैक पर और यादगार होगा सफर दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है सुलह में खुलेगा आईपीएच उपमंडल कार्यालय व फार्मेसी कालेज शीर्षक से आपका फैसला ने लिखा है नई दिल्ली में जयराम ठाकुर ने वीडियो कांफैस के माध्यम से की घोषणा

आपका फैसला ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव के हवाले से लिखा है सर्वे में अगर कोई महिला अव्वल तो टिकट को करेंगे पैरवी एक नजर संपादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में लिखा है कि घाटियों के आगे नवनिर्माण तन गया है लिहाजा पर्यटन का सुरम्य दृश्य विलुप्त हो रहा है तमाम पर्यटक स्थल कंकरीट के जंगल में तब्दील होकर अपनी अमानत लुटा रहे हैं शीर्षक है पर्यटन के प्रतिबिंब सहनशीलता जरूरी शीर्षक से दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है कि असफलता ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और विफल होने वाला व्यक्ति हमेशा सफलता के लिए प्रयासरत रहता है और मंजिल भी पाता है